इस दौरान सभी सड़क रेल और विमान सेवाए बंद रहेंगी लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा दवा की दुकान पेट्रोल पम्प किराना दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी गई है

एक सप्ताह से कम समय में दूसरी बार राष्ट्र को संबोधन में कल श्री मोदी ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान घर से बाहर निकलने पर कडा प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी कर्फ्यू की तरह होगी और जनता कर्फ्यू से अधिक सख्त होगी श्री मोदी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री से लेकर गांव में एक व्यक्ति तक सबके लिए है

लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य के बाहर से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा न आए उन्होंने कहा कि इसके लिए आपूर्ति लाईन के पूरक के लिए कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राशन दालों और खाद्य तेल का पर्याप्त भंडारण है इसके अलावा दूध व ब्रैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो उपभोक्ता की सुविधा और भीड़ भाड़ से बचाव के लिए दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाएगी उन्होंने कहा कि घुमंतु गद्दी व गुज्जरों और उनके झुंडों को प्रतिबंधित न करके उनकी सुरक्षा के लिए सभी निवारक उपाय किए जाने चाहिए

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सांसदों द्वारा दी गई सहायता राशि को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक बड़ा कदम बताया है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 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख नाक और मुंह को स्पर्श न करें स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूडेदान में फेंकना जरूरी है बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें मिल्क फैडरेशन प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान मिल्क फैडरेशन लोगों तक सुरक्षित दूध पहुंचाएगा फैडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में दूध की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को दूध की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं निहाल चंद ने कहा कि इस दौरान सैनिटाईजेशन और हाईजीन का भी ध्यान रखने को कहा गया है उन्होंने कहा कि दुग्ध प्रसंग आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बिस्किट पंजीरी और मिल्क पाउडर की आपूर्ति जारी रखेगा